बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है आकाशावाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है साउंड बाईट जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियो देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है चुनौतियाँ खूब आई संकट भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ दिल्ली के अभिनव बैनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है साउंड बाईट अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्किट गए थे ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है पहले वहां महंगे खिलौनों का मतलब भी इम्पोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे लेकिन अभिनव जी ने चिट्टी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉयज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है मेड इन इंडिया है

देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की साउंड बाईट हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे मैन्यूफेक्चर्रस उनके लिए भी साफ सन्देश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें बात तो सही है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है मैं देश के मैन्यूफेक्चर्रस इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूँरू देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है मजबूत कदम आगे बढ़ाया है

ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्वस्तरीय हों श्री मोदी ने कहा कि हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम कूड़ा करकट नहीं बिखेरेंगे उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का पहला संकल्प भी यही था साउंड बाईट इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचिज पर इन पहाड़ों पर पहंचता कैसे है आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहाँ छोड़कर आते हैं

लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और पक्के इरादे दो ऐसे उपाय है जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है साउंड बाईट जुनून और दृढ़निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूँ तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूँ आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है कुछ भी उनकी पहुँच से दूर नहीं है दो दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है साउंड बाईट गीता हमें हमारे जीवन के हर सन्दर्भ में प्रेरणा देती है लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है

जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है इसमें कोई उम्र कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेहसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्हें आज ही के दिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था साउंड बाईट मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश में आतताइयों से अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति सम्यता हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं आज उन्हें याद करने का भी दिन है आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी ने भी शहादत दी थी करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मत्था टेकने का अवसर मिला प्रधानमंत्री ने नव वर्ष के सिलसिले में भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी राज्यसभा सांसद आर सी पी सिंह को आज जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया निवर्तमान अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए श्री सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने समर्थन किया अध्यक्ष चूने जाने के पहले श्री सिंह पार्टी के महासचिव थे इसके बाद नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की घोषणा की जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की वहीं अगले साल असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये पार्टी ने अपनी रणनीति पर भी गौर किया गया

बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल हुये केन्द्रीय पश्पालन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है श्री सिंह ने आज अरवल में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले छह वर्षो के दौरान कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पैंसठ प्रतिशत की वृद्धि की गई है उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये फसल को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त है श्री सिंह ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर किसानों को गुमराह कर रही हैं केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात जैसे ड्राइवर लाइसेंस वाहन पंजीकरण और अन्य अनुमतियों की अवधि इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक बढ़ा दी है मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस वर्ष बाईस परियोजनाएं पूरी की और सीवरेज अवसंरचना प्रद्रषण नियंत्रण व्रक्षारोपण और जैव प्रोद्योगिकी से संबंधित पांच सौ सत्तावन करोड़ रुपये से अधिक की सत्रह नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि पहली बार नमामि गंगे के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों को सम्मान देने के लिए इन्हें लोक प्रशासन योजना के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के तहत लाया गया है पथ निर्माण मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि नये साल में लगभग पांच सौ संतानवे करोड़ की लागत से अंग क्षेत्र को दो सड़कों का उपहार मिलेगा इससे भागलपुर और बांका जिले की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और पड़ोसी राज्य झारखण्ड के जिलों से सड़क संपर्क मजबूत होगा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में श्री पाण्डेय ने दोनों परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चौवालीस हजार छह सौ अठासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात सौ तीन मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार नौ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के पांच सौ पैंतालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ पचहत्तर मामले पटना जिले से सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से तीस और सारण से सताईस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार नौ सौ तेईस है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने से प्रदेश में ठंड में आंशिक कमी आई है राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी जबकि रात में हल्की ठंड रहेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया है कि राज्य में अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा

सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि टीबी पीड़ितों को मुफ्त इलाज के साथ छह महीने तक पांच पांच सौ रूपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है अररिया जिले के भरगावां महथावा मार्ग के ब्लॉक चौक पर बिना मास्क लगाये वाहन चलाने वालों से पुलिस ने जांच के दौरान दो हजार रूपये जुर्माना वसूल किया कटिहार जिले के चौधरी मोहल्ले में अवैध रूप से रह रहे पांच अफगानी नागरिकों को पुनः पूर्णिया मंडल कारा भेज दिया गया है स्थानीय पुलिस और पटना एटीएस की टीम इन पांचों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी